नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षो में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने पार्टी और सरकार के बीच पूरे तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि काम और कार्यकर्ता आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं

शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पंडित नेहरू को श्रद्वासुमन अर्पित किए गए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि अर्पित की अग्निहोत्री ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदर्शों व सिद्वांतों पर चलने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को देशवासी कभी नहीं भूला पाएंगे

प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया

उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव के दौरान इस बार पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किए हैं

इसमें पैंशन संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी रवि धवन ने सभी रक्षा पैंशन धारकों युद्ध विधवाओं सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों से इस पैंशन अदालत में भाग लेने का आहवान किया है सेब लाहौल स्पिति जिले के सेब बागीचों में इस बार अच्छी फ्लावरिंग हुई है लेकिन प्रतिकूल मौसम ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है लाहौल घाटी में पिछले एक महीने से आंधी व तूफान के साथ वर्षा और हल्का हिमपात हो रहा है जिससे बागवान चिंतित हैं

बागवानों को उम्मीद है कि मौसम स्थिर होने पर घाटी में इस बार सेब की अच्छी फसल हो सकती है वैली पुल कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने ब्यास नदी पर बने डब्बल लेन भूतनाथ पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले की फिर से मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं

ये पुल कुल्लू शहर को भुंतर मनाली लैफ्ट बैंक मार्ग से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है उपायुक्त ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी किसान समिति किसान संघर्ष समिति ने सरकार से किसानों व बागवानों को विभिन्न मंडियों में हो रही धोखाधड़ी से बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है समिति के सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश के हज़ारों किसानों को आढ़तियों और खरीददारों ने पिछले कई वर्षों से सैंकड़ों करोड़ रूपये के बकाए का भुगतान नहीं किया है और दोषियों के खिलाफ एपीएमसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए संजय चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर चर्चा और आगामी रणनीति के लिए किसान संघर्ष समिति की बैठक जल्द करवाई जाएगी